प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कट्टरवाद को केवल एकजुटता से ही समाप्त किया जा सकता है श्री मोदी ने कहा उत्तर पूर्वी राज्यों के नतीजों को राजनीतिक दलों की जीत हार के तराजू में नही तोलना चाहिए बेसहारा पशुओं को छोड़ने वालों को सजा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही कानून बनाएगी उप राष्ट्रपति और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एम वैंकेया नायडू ने आज कहा कि मां मातु भूमि मातु भाषा और गुरू का जीवन में अहम स्थान है इसलिए इन सबका सम्मान करना जरूरी है

अपने भाषण की शुरूआत पंजाबी भाषा में करते हुए श्री नायड् ने कहा कि मातू भाषा में बोलने में सम्मान की अनुभूति होनी चाहिए

कई जानी मानी हस्तियों को इस मौके पर दिये सम्मान का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि बजुर्गो और प्रतिभाओं को सम्मानित करना उनका अभिनंदन करना हमारी परंपरा और संस्कृति रही है तथा इससे आने वाली पीढी को भी प्रोत्साहन मिलता है मिल्खा सिंह की आयू और स्वास्थ्य का जिक करते हुए श्री नायडू ने कहा कि वे हम सबके लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं प्रकृति के महत्व के बारे में बताते हए उन्होंने कहा कि वनस्पति मानव कल्याण और धरती की देख भाल बराबर महत्व रखते हैं उन्होंने विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य और प्रकृति की देखभाल करने की सलाह भी दी और कहा कि शिक्षण संस्थाओं को आने वाली पीढीयों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए उप राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि उन्हें अपनी बात रखने और बोलने की आजादी है लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे विचारों की आजादी दूसरे की आजादी और भावनाओं को आहत न करें श्री नायडू ने कहा कि विश्वविद्यालय विचारों पर अंक्श और विचारधारा थोपने से मुक्त होने चाहिए किसी विशेष विश्वास या विचारधारा से संबंध होने से अकादमिक आजादी की भावना प्रभावित होती है उन्होंने कहा कि शिक्षा रोजगार के लिए ही नहीं सशक्तिकरण ज्ञान बढाने और रोशन होने के लिए भी जरूरी होती है हिन्दु शब्द की व्याख्या करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि हिन्दु कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है

उप राष्ट्रपति ने कहा कि ना जाने क्यू आजादी के बाद देश के महान् सपूतों को वाजिब सम्मान नहीं मिला उन्होंने कहा कि आज सारा विश्व अध्यात्मिकता को लेकर भारत की तरफ देख देख रहा है उन्होंने कहा कि हम में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मानव कल्याण और न्यायपूर्ण व स्वस्थ्य समाज की संरचना के लिए काम किया है श्री नायडू ने कहा कि इस तरह की उचाई तभी मिलती है जब मन निर्भय हो और हमारा सिर उचा हो तथा ये आजादी से ही संभव है उन्होंने कहा कि इसी लिए गुलामी के दिनों में विचारशील लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जिक करते हुए कहा कि वे एक सामान्य परिवार से अपनी मेहनत बल और समर्थन से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे अपने कृषक परिवार से उप राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लग्न और मेहनत से किसी भी उंचाई तक पहंचा जा सकता है

उप राष्ट्रपति ने समारोह में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन डिग्री देने के लिए तैयार किए गए वैब पोर्टल का शुभारंभ भी किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कट्टरवाद को केवल एकजुटता से ही समाप्त किया जा सकता है वे आज कर्नाटक के तुमाकरू में युवा शक्ति नये भारत की परिकल्पना विषय पर युवाओं के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जॉरेए संबॉधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उत्तरपूर्व में ऑदिवासी भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकतरफा मतदान दिया है और नफरत की राजनीति को उन्होंने नकारा है प्रधानमंत्री ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजों के बारे में कहा कि पुरानी नीतियों के कारण यहां के लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे थे लेकिन पिछले चार वर्षो में एनडीए सरकार की नीतियों ने इस अंतर को पाट दिया है और लोगों ने एनडीए को वोट देकर विभाजन की राजनीति को खारिज कर दिया है श्री मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में विधानसभा चुनाव के कल जो नतीजे आए हैं उसे वो राजनीतिक दलों के जय पराजय के तराजू से नहीं देखते और कहा कि इन परिणामों के बाद देश ने जो मिजाज दिखाया है वो हर नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति के दिल में पूरा भारत उनकी भावनाओं से जुड़ा है युवाओं के बारे में श्री मोदी ने कहा कि हर संवाद में उनसे कुछ न कुछ सीखा जा सकता है उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है

गाय की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शीघ्र ही दुधारू पशुओं को बेसहारा दोड़ने वाले लोगों को सजा देने के लिए एक सख्त कानून बनाएगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ में एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हए कहा कि राज्य सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए पहले ही गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम बनाया है